ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कल दर्ज किए मामलों में से फ्ल् क्लिनिक ट्रिम्स से चौवालीस आर के मिशन अस्पताल से सत्रह राज्य सचिवालय से इक्कीस पेड क्वारेंटाइन टेस्टिंग सेंटर से चौदह राज्य क्वारेंटिन स्विधा केंद्र लेखि से तेरह कोविड केयर सेंटर जू एरिया से बारह बंदरदेवा चेकगेट से ग्यारह निबा अस्पताल से पांच और नाहरलग्न से तीन मामले सामने आए है इसके अलावा चांगलांग जिले से बाईस अपर स्बनसिरी से इक्कीस वेस्ट सियांग से नौ ईस्ट सियांग से आठ लोअर स्बनसिरी और अंजाव जिले से सात सात तवांग से छह लोअर सियांग से पांच अपर सियांग से चार पाप्मपारे और पाके केसांग जिले से तीन तीन लोअर् दिबांग वैली क्रुंग कुमे लोंगडिंग और लेपारादा जिले से दो दो नामसाई तिरप क्रा दादी लोहित और वेस्ट कामेंग जिले से एक एक नया मामला सामने आया है राज्य में कोरोना के दो हजार बावन सक्रिय मामले है जबकि मंगलवार को एक सौ पैतीस व्यक्ति स्वस्थ हो गए

दस दिन के सत्र के दौरान राज्य सभा में पच्चीस विधेयक पारित किए गए संसद ने श्रमिकों के कल्याण और स्रक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी तीन विधेयक पारित कर दिए हैं यह विधेयक हैं व्यवसायिक स्रक्षा स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता दो हजार बीस औदयोगिक संहिता दो हजार बीस और सामाजिक स्रक्षा संहिता राज्यसभा ने इन विधेयकों को आज स्वीकृति दी जबकि लोकसभा ने इन्हें कल पारित किया था विधेयक पर चर्चा के उत्तर में केंद्रीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि इन ऐतिहासिक विधेयकों से समयबद्व शिकायत समाधान प्रणाली के जरिये श्रमिकों के हितों पर द्रगामी लाभ होंगे उन्होंने कहा कि श्रमिकों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने तथा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के लिए के लिए विधेयकों में कई प्रावधान किए गए हैं

कल दोनों देशों के वरिष्ठ कमांडरो की छठें दौर की बातचीत हई बैठक पर केंद्रित संय्क्त बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष इस बात से सहमत है कि वे अपने देशों के नेताओं दवारा लिए गए महत्वपूर्ण आम राय को तेजी से लागू करेंगे जमीन पर संचार पुख्ता करेंगे गलतफहमी और गलत फैसलों से बचेंगे अग्रिम मोर्चों पर और सैनिक भेजने से बचेंगे जमीन पर एकतरफा हालात बदलने से भी बचेंगे और दोनों देश कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो हालात को और जटिल बनाते हों दोनों देशों ने सातवें दौर की सैन्य कमांडर स्तर की बैठक को यथा संभव आयोजित करने पर सहमति जताई और कहा है कि व्यावहारिक धरातल पर समस्याओं को उचित ढंग से निपटाने के उपाय भी किए जाएंगे और सीमा के आस पास मिलकर शांति सुनिश्चित करेंगे

इगो बांगो इंटलेक्च्अल फोरम द्वारा आयोजित इस शिविर में स्थानीय लोगों ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए दान दिया गौरतलब है कि भारी बारिश से इगो वैली में दो लोगों की मौत हो गई थी और बड़े पैमाने पर न्कसान हुआ था

जिला प्रशासन ने त्वरित कदम उठाते हए जे सी बी की सहायता से राजमार्ग पर पड़े हुए मलवे को हटाया और इसके बाद बड़ी संख्या में रुके हुए वाहनों का आवागमन स्निश्चित हुआ अधिकारि सूत्रों के अन्सार दोपहर बाद होलोंगी ईटानगर राजमार्ग पर यातायात सामान्य हो गया